उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा नगर निकायों के प्रमुखों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में फैसला आम राय के बाद लिया जायेगा

कांग्रेस की तरफ से नागौर जिले के खींवसर से हरेन्द्र मिर्धा और झुन्झुन् जिले के मण्डावा से रीटा चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा ने मण्डावा से सुशीला सीगड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है जबकि खींवसर से उनके गठबंधन सहयोगी आरएलपी ने नारायण बेनीवाल को उम्मीदवार घोषित किया है

वाणिज्य मंत्रालय ने प्याज के निर्यात पर रोक संबंधी नीति में संशोधन कर यह फैसला लिया है

एक समाचार एजेंसी से बातचीत में यूनीसेफ में भारत साफ सफाई के प्रमुख निकोलस ओसबर्ट ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का असर विश्व स्तर पर पड़ा है

श्री पूनिया ने कल जयपुर में जारी बयान में कहा कि भाजपा ने स्वच्छ भारत अभियान जैसा देशव्यापी अभियान चलाकर महात्मा गांधी के विचार को आत्मसात किया है वहीं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करके सरदार पटेल को सम्मान देने का काम भी भाजपा ने ही किया है

डॉशर्मा ने कहा कि चिकित्सालयो और उनमें कार्यरत चिकित्सा कर्मियों में मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनाए आवश्यक है श्री शर्मा ने कहा कि सरकार के विशेष प्रयास से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य एक मॉडल स्टेट बनने की ओर अग्रसर है

श्री चौधरी ने कहा कि बुद्ध ने ढाई हजार साल पहले मन की शांति का पाठ पढ़ाया वैश्विक शिखर सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के इतिहास में सबसे अधिक महिलाए लोकसभा में हैं भारत बदल रहा है भारत का बदलाव हो रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है देश को आगे बढ़ाने में देश के चलाने वालों को नारी शक्ति का पूरा सम्मान करने पड़ेगा शिखर सम्मेलन में विदेशी कलाकार भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए

कल भी राजधानी जयपुर सहित अनेक स्थानों पर तेज बारिश हुई हनुमानगढ़ जिले में देर शाम तेज आंधी के बाद भारी बरसात का दौर शुरू हुआ जो आज सुबह तक जारी रहा बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि यदि दो तीन दिन यही स्थिति बनी रहती है तो उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा